अरुणाचल राईजिंग अभियान का शुभारंभ करए हुए मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यक्रताओं और प्रगतिशिल किसानों को नकद और प्रमाण पत्र प्रदान किया

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में एन डी ए सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया है आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि देश प्ररी तरह स्रक्षित है हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में क्छ घटनाएं इसका अपवाद हैं श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि देशभर में पूरी तरह शांति का माहौल है उन्होंने कहा कि माओवादी तत्व उनकी विचारधारा और प्रभाव अब कुछ ही इलाकों में सिमट कर रह गए हैं वेस्ट कामेंग जिले में ब्रधवार को प्रलिस महानिरीक्षक सुनील गर्ग ने जिला प्रशासन समुदायिक आधारित संगठनों और पब्लिक के साथ पुलिस के साथ बातचीत कार्यक्रम चलाया इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार बहुत जल्द राष्ट्रीय आपातकालिन प्रतिक्रिया प्रणाली का श्रभारंभ करेंगे पुलिस कंट्रोल रुम एम्ब्रलेंस इत्यादी जैसे जरुरी सेवाओं को इस प्रणाली के तहत एक ही मंच से जोड़ा जायेगा इस अवसर पर विधायक सह मुख्यमंत्री सलाहकार जापू देरु ने बताया कि जल्द ही सरकार दो हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए भर्ती रैली निकालेगी पाप्रम पारे जिले में सांडो में पैरो और मुँह की बीमारी फैलने की रिपोर्ट आ रही है बालिजान सांगड्रपोता तोरु काकोई और किमिन अंचल इस बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रस्त है

क्लोवेन फ्रट जानवरो में आम तौर पर यह संक्रमण पाया जाता है इस वाइरस के वजह से दो से छह दिनों तक उच्च ब्रुखार रहता है जिसके बाद जानवरों के मुह के अंदर छाले पड़ जाते है और पैर फट जाता है जिससे लंग़ड़ापन हो जाता है राजधानी ईटानगर के मोपिन सोलूंग ग्राऊण्ड में कल पोदी बारबी त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया यह त्योहार मेचुका मोनीगोंग और तातो में बसे आदी जनजाती मुख्य रुप से मनाते है रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके विनियामक अधिकार क्षेत्र में आने वाली कंपनियों के डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना लागू की जाएगी रिजर्व बैंक के अनुसार यह योजना अगले वर्ष जनवरी के अंत तक अधिसूचित की जाएगी बैंक ने एक बयान में कहा है कि देश में वित्तीय लेनदेन की डिजिटल व्यवस्था काफी बढ़ रही है इसलिए ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने के लिए समर्पित निशुल्क और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है ग्राहकों के संरक्षण की एक अन्य पहल करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के संबंध में ग्राहकों का दायित्व कम करने के निर्देश जारी किए हैं

भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर आम्बेडकर एक न्यायवादी अर्थशास्त्री राजनेता और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलितों महिलाओं और श्रमिकों के साथ सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया उनका निधन आज ही के दिन उन्नीस सौ छप्पन में हुआ था तब से ही यह दिन प्रति वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रुप में मनाया जाता है इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया